इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह गुजरात के केवडिया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने अपने संबोधन में भारत की एकता के लिए सरदार पटेल के महान योगदान को याद किया मध्यप्रदेश में भी विभिन्न जिलों में इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरदार पटेल का स्मरण करते हुये कहा कि स्वतंत्रता के संघर्ष में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पटेल जयंती के मौके पर विभिन्न जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में केन्द्रीय मंत्री सांसद विधायक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर मुरैना में केन्द्रीय मंत्री थांवरचंद गेहलोत उज्जैन और केन्द्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते बालाघाट में राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रमों में शामिल हुए और उन्होंने नागरिकों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई संकल्प दिवस पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पूण्यतिथि आज राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी का स्मरण करते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश बना और हर क्षेत्र में उसने नई ऊंचाईयों को छुआ उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को नई दिशा मिली भारत परमाणु शक्ति बना राजधानी के साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं

भोपाल में बड़े तालाब के किनारे रिथित काशाना बिल्डिंग से आकाशवाणी का स्थानीय केन्द्र प्रारंभ हुआ तब से आज तक आकाशवाणी का यह केन्द्र श्रोताओं के लिए सूचना शिक्षा और मनोरजंन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

श्रीराम चरितमानस गान की शुरूआत का श्रेय भी आकाशवाणी भोपाल को ही जाता है किसानों को प्रतिदिन उपयोगी जानकारी देने भोपाल गैस त्रासदी के समय लोगों को जागरूक करने और मदद पहुंचाने में आकाशवाणी ने अहम भूमिका निभाई आकाशवाणी भोपाल को अपने अनेक कर्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं प्रसार भारती प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिशेखर वेम्पति ने जम्मू कश्मीर और लेह में रेडियो स्टेशानों का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो जम्मू ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर और ऑल इंडिया रेडियो लेह करने की घोषणा की है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रसार भारती सचिवालय नई दिल्ली में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि प्रसार भारती बोर्ड की स्वीकृति से केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लदाख में रेडियो कश्मीर का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया है

मंत्रालय के समक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा समारोह में राष्ट्रगीत और मध्यप्रदेश गान के बाद प्रदेश के विकास में जन जन के योगदान की शपथ दिलाई जाएगी स्थापना दिवस के मौके पर कल प्रदेश के सभी मुख्य सार्वजनिक भवनों एवं राष्ट्रीय महत्व की इमारतों पर लाइटिंग की जायेगी राज्य स्तरीय समारोह का मुख्यमंत्री कमलनाथ शाम को लालपरेड ग्राउण्ड पर शुभारंभ करेंगे जिला स्तर पर भी स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

इसके माध्यम से पर्यटक राज्य की विरासत इतिहास संस्कृति और परम्पराओं के बारे में जान सकेंगे

उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं ने शोक प्रकट किया है

छठ पूजा सूर्य की आराधना का पर्व है प्रदेश में रहने वाले भोजपुरी समाज ने भी छठ पूजा की व्यापक तैयारियां कर ली है राजधानी भोपाल में भोजपुरी समाज के लोगों ने कल विभिन्न घाटों पर सफाई अभियान भी चलाया